प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्क की एकजुटता के प्रति भारत की प्रतिबद्वता जतायी कहा दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक विकास और ख्शहाली के लिए शांति और स्थिरता ज़रूरी

बुलंदशहर हिंसा मामले में एक और पुलिस अधिकारी का तबादला प्रमुख आरोपी जीतेन्द्र मलिक जम्मू कश्मीर से गिरफ़्तार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो दिवसीय दौरे पर कल शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कोविंद का हवाई अड्डे पर स्वागत किया

राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद श्री कोविंद का गोरखपुर में यह पहला आगमन है राष्ट्रपति ने शाम को यहां कुछ गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की और जानकारी हमारे संवाददाता से गोरखपुर में दो दिनों तक प्रवास करने वाले रामनाथ कोविंद पहले राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मंदिर को अच्छी तरह सजाया गया है जहां वह आज सुबह प्रजा अर्वना करेंगे वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरू ब्रम्हलीन महन्त अवैदनाथ को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे प्रजा के दौरान एक सौ एक वेद ज्ञाता विद्वान मंत्रोच्चारण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राष्ट्रपति की यह यात्रा गोरखपुर के लिए प्रेरणादायी और लामदायी सिद्द होगी मुलतान सिंह यादव गोरखपुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के संस्थापक सदस्य देश के नाते इसकी एकजुटता के प्रति प्रतिबद्वता यक्त की है सार्क के चौंतीसवें घोषण पत्र दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सार्क ने बीते तीन दशक के दौरान प्रगति की है प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और हर तरह के आतंकवाद को समूल खत्म करने की आवश्यकता है ताकि दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक विकास तेजी से हो सके और स्थिरता बरक़रार रहे

जनवरी तक चलने वाले इस सत्र में बीस बैठकें होंगी

अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह संसद का अंतिम पूर्ण सत्र होगा इस बीच सरकार ने दोनों सदनों में कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है आज ही राज्यसभा के समापति एम वेंकैया नायड् ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा भी बैठकें करने की संभावना है लोकसभा में कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष सुमित्रा महाजन कल मंगलवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भेंट करेंगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड़डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदल रही है श्री नड्डा चंदौली में ट्रॉमा सेन्टर का शिलान्यास करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुविघाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्द है और इस दिशा में कई योजनाएं संवालित की जा रही हैं आयुष्मान भारत योजना का ज़िक करते हुए श्री नड़्डा ने कहा कि इस योजना के तहत ग़रीब भी अच्छे अस्पतालों में पांच लाख रूपये तक निशुल्क इलाज करा सकते हैं उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाएं आम लोगों को अच्छे दिन आने का एहसास कराने के लिए काफी हैं उन्होंने बताया कि महेवां गॉव में बनने वाला यह ट्रॉमा सेन्टर पहले तक्रीबन पौने तीन करोड़ रूपये की लागत से बनाया जाना था लेकिन अब इसे दस करोड़ रूपये की लागत से बनाया जायेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जनपद के सभी अस्पतालों को उच्चीकृत करने की भी घोषणा की समारोह को केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और स्थानीय सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्रनाथ पाण्डेय ने भी संबोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कुम्म मेला से संबंधित कामों को पन्द्रह दिसम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं श्री योगी ने प्रयागराज में इस सिलसिले में समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि क्म के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के मद्देनज़र श्रद्दालुओं और पर्यटकों को ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी तरह की शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने सेत् निगम जल निगम बिजली विमाग और नगर निगम के कामों की सघन समीक्षा करते हुए नैनी फलाई ओवर को समय से पूरा करने के निर्देश दिये साथ ही बिजली विमाग के अधिकारियों को कृम्म मेले के दौरान चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने को कहा उन्होंने कहा कि कृम्म मेला क्षेत्र शहर के प्रमुख स्थानों और प्रमुख सड़कों पर लगने वाले साइन बोर्ड देश की प्रमुख भाषाओं में लगाये जाने चाहिए श्री योगी ने गंगा प्रदरषण के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया कि गंगा और अन्य नदियों में किसी भी तरह का गंदा पानी न गिरे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की गिनती दुनिया के ताकृतवर देशों में हो रही है वह अपनी क्षमता से दिनों दिन हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है श्री सिंह कल मथ्रा में जीएलए विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की की है समारोह में श्री सिंह ने मेघावी विद्यार्थियों को स्वर्ण और रजत मेडल भी प्रदान किये बाद में उन्होंने वृन्दावन पहुंचकर श्री बांके बिहारी मन्दिर में विरोष पूजा अर्चना की खेलो इंडिया युवा खेल अगले साल नौ जनवरी से बीस जनवरी तक महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किये जाएंगे खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्घन राठौड़ ने कल नई दिल्ली में बताया कि इन खेलों में नौ हजार से अधिक युवा भाग लेंगे उन्होंने कहा कि इस बार विश्वविद्यालय के खिलाड़ी भी इन खेलों में हिस्सा लेंगे अब यह दूसरा साल होने वाला है खेलों इंडिया स्कूल गेम्स से अब यह बढ़कर खेलों इंडिया यूथ गैम्स हमने इसको बना दिया है दो कैटेगिरी होगी मुकाबले की

पिछले साल खेलों इंडिया स्कूल गैम्स हुए थे उसमें तकरीबन साढ़े तीन हजार खिलाड़ियों ने पार्टीस्पेट करा था प्रदेश सरकार ने बुलंदशहर के अपर पुलिस अधीक्षक रईस अख्तर का कल तबादला कर दिया उन्हें पीएसी लखनऊ में षेज दिया गया है पूलिस महानिदेशक के जनसम्पर्क अधिकारी ने आकाशवाणी को बताया है कि श्री अख्तर की जगह गाजियाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक मनीष मिश्रा को बुलंदशहर ग्रामीण में तैनाती दी गयी है पिछली तीन दिसम्बर को बुलंदशहर में भड़की हिंसा के बाद रईस अख़तर ऐसे चौथे पुलिस अधिकारी है जिन्हें वहां से हटाया गया है पुलिस अधिकारियों को हटाने की ये कार्रवाई सरकार ने एडीजी अमियोजन एसवी शिरोडकर की रिपोर्ट मिलने के बाद की है जिले में कथित गौ हत्या के बाद भड़की हिंसा के मामले में पुलिस अब तक मुख्य अभियुक्त और सेना के जवान जीतेन्द्र मलिक उर्फ जीतू समेत दस लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है केन्द्र सरकार ने सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ चिकित्सा उपकरणों को औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम में औषधि के रूप में शामिल कर लिया है इनमें नेब्यूलाइज़र ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन डिजिटल थर्मामीटर और ग्लुकोमीटर शामिल है इस संशोधन के साथ ही अधिनियम में औषधि के रूप में शामिल चिकित्सा उपकरणों की संख्या तेईस से बढ़कर सत्ताईस हो गई है